देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव कर टिड्डियों को नियंत्रित करने का अभियान आज से शुरू हुआ

प्रदेश में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदेश में क्छ स्थानों पर बारिश के बावजूद गर्मी और उमस से लोग परेशान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए इस बारे में घोषणा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महामारी के इस दौर में भी अन्य देशों के मुकाबले स्थिति बेहर है श्री मोदी ने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों को और बढाया जाएगा

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज ग्रेटर नाऐडा में एक समारोह में हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया टिड्डी के आक्रमण से बुरी तरह प्रभावित स्थानों पर इन हेलीकॉप्टरों से कीटनाशकों का छिड़काव किया जायेगा श्री तोमर ने इस अवसर पर संवाददाताओं को बताया कि फसलों को टिड्डी के आक्रमण से बचाने के लिए देश में पहली बार वायुसेना की मदद ली जायेगी उन्होंने कहा कि राजस्थान उतरप्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और हरियाणा में इस बार टिड्डी के हमले की आशंका है

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह एक सही फैसला है

दिशा निर्देशों के अनुसार टैक्सी और व्यक्तिगत वाहन चल सकेंगें लेकिन सिटी बसे अभी नहीं चलेगी प्रदेश में आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी और इसके लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालूओं की कम तादाद वाले धार्मिक स्थल अब खुल सकेगें

मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार सभागार असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगह बंद रहेगी सामाजिक राजनैतिक मनोरंजन खेलकृद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक सहित अन्य भीडभाड वाले आयोजनों की अनुमति नहीं होगी वहीं अब रात का कफर्य रात दस बजे से सबह पांच बजे तक लाग होगा जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफटों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कफर्य में ढील दी गई है राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर आवाजाही सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कफ़र्य में ढील दी गई है

इसकी मानक प्रकिया अलग से जारी की जाएगी

दौसा में जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई झालावाड में मिनी सचिवालय में आज जिला कलेक्टर सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना जागरूकता की शपथ ली

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलपति प्रो आरपी सिंह ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीण पूरी सावधानी बरतें

राजस्थान रोडवेज ने हरियाणा तथा गुजरात सहित विभिन्न शहरों के लिए अपनी सेवाओं में विस्तार किया है साथ ही यात्रियों की संख्या भी बढ रही है इस प्रकार निजी बसों का संचालन भी शुरू हो गया है शहरों में सिटी बसों के संचालन को अनुमति नहीं है लेकिन ऑटो और इलेक्ट्रिक ऑटो की सेवाओं से लोगों को राहत मिल रही है इस बीच राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जयपूर में अलग अलग जगहों से विभिन्न शहरों के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर युवाओं को सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने के लिए कहा है श्री गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया जानकारी देने का महत्वपूर्ण प्लेटफार्म बन रहा है और इसका सही और सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से नकारात्मक खबरों से दूर रहने को कहा

जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि कोरोना के कारण सभी ब्लड बैंकों और अस्पतालों में रक्त की कमी है

इसके बावजूद गर्मी और उमस बनी हई है जिसके कारण लोग बेहाल हो रहे है

वहीं सिरोही में कई जगह हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली झालावाड़ मं सुबह तक बारिश हई